केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के हिमाचल में आए सकारात्मक परिणाम

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी नमिता भटटाचार्य व अन्य परिजनों से भेंट की अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्यों ने वशिष्ठ में ब्यास नदी में श्री वाजपेयी की अस्थियों को विसर्जित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की इस मौके मुख्यमंत्री सहित वनमंत्री गोबिंद ठाक्र और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने रोहतांग टनल का नामकरण अटल टनल और कोलडैम का नाम भी अटल के नाम से करने का निर्णय लेकर प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है उन्होंने कहा कि इसके अलावा मनाली में पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को संजोकर रखने के उद्देश्य से कार्य करने पर चिंतन चल रहा है बाद में जयराम ठाक्र ने मनाली में जन शिकायतें भी सुनीं इससे पहले होटल ऐसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया जयराम ठाकुर ने ऐसोसिएशन की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया

महेन्द्र सिंह ठाकर ने कहा कि रूट स्टॉक के आयात को धीरे धीरे कम करके हिमाचल की नर्सरियों की निर्भरता बढ़ाई जाएगी बागवानी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर परियोजना को जमीन स्तर पर उतारने के लिए किसानों व बागवानों से सीधा सम्पर्क करने को कहा

महेन्द्र सिंह ने कहा कि परियोजना के परिणाम जमीन पर दिखने चाहिए और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाशत नही की जाएगी

किशन कपूर ने कहा कि ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने व उनकी सेहत की सुरक्षा सहित देशभर में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है इस योजना से प्रदेश के एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं रामलाल मारकंडा ने किसानों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया ताकि उन्हें कम लागत पर अधिक पैदावार मिल सके उन्होंने कहा कि कारगा में सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी ताकि लाहौल घाटी के किसानों को उनके उत्पाद के सही दाम मिल सके

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर कॉलेज के वार्षिक समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार ने महाविद्यालयों से पढ़ाई कर निकले छात्रों के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना बनाई है जिसके तहत पांच करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे

आज शिमला में पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने ये बात कही इस दौरान वीरेन्द्र कवर ने विभिन्न केन्द्रीय व राज्य प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा कर इन्हें तय समय में सही ढंग से लागू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने पश् पालकों को विभिन्न योजनाओं व नस्ल सुधार नीति की जानकारी उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया

उन्होंने बताया कि प्रदेश के दो स्कूलों का चयन राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है

बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाईडिंग स्थल बिलिंग का दौरा करने के बाद कल उन्होंने ये जानकारी दी विपिन परमार ने कहा कि पैराग्लाईडिंग के अलावा यहां वर्ष भर पर्यटन गतिविधियां चलाने के लिए सरकार प्रयास करेगी उन्होंने आरोप लगाया कि बिलिंग के महत्व को देखते हुए पूर्व सरकार ने यहां मूलभूत सुविधाओं के सुजन के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किए

इसके तहत केन्द्र सरकार गरीब वर्ग को खुले में शौच मुक्त करने के उद्देश्य से घरों में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं मंडी जिले की रंधाड़ा पंचायत के रती प्रकाश ने अभियान के तहत आर्थिक सहायता मिलने पर शौचालय बनाया और खुले में शौच मुक्त होकर स्वच्छता की तरफ कदम बढ़ाया है

इस अभियान में हर वर्ग की भागीदारी इसके लक्ष्य को पूरा करते दर्शाती है मंडी से मुनीष सूद के साथ मैं राजकुमारी चंदेल आकाशवाणी समाचार शिमला

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इसमें हिमाचल के अलावा पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर गुजरात राजस्थान व मध्य प्रदेश के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे

उन्होंने बताया कि इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय ई विधान प्रणाली पर अपनी प्रस्तुति देंगे इस दौरान दो ज्वलंत मुद्दों भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव व मादक पदार्थों का बढ़ता सेवन दुष्प्रभाव एवं समाधान पर भी चर्चा होगी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार उच्च स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आर्याजन को बढ़ावा दे रही है ताकि युवा वर्ग को सकारात्मक गतिविधियां में लगाकर उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं

इस मौके पर उर्न्होने बच्चों से अपने गुरूओं और बड़े बुजुगों का सम्मान करने का आहवान किया वीरेन्द्र कश्यप ने अभिभावकों से बच्चों को बचपन से संस्कारित करने की सलाह दी ताकि वे युवावस्था में नशे का शिकार न हो सकें

इससे पहले वीरेन्द्र कश्यप ने बैजू गांव में तीन लाख से बनने वाले पैदल पुल का शिलान्यास भी किया

इस हादसे में दो लोग गम्भीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें नागरिक अस्पताल करसोग में भर्ती करवाया गया है मंडी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि मृतक शगोग गांव के रहने वाले थे और काफी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे प्रदेश कांग्रेस कर्मेटी और युवा कांग्रेस ने इस घटना में मारे गए करसोग निर्वाचन क्षेत्र में युवा कांग्रेस के महासचिव दिलीप मेहता व डोला राम और पूर्व अध्यक्ष खेम सिंह वर्मा की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है

ऐसोसियशन के महासचिव हरि चंद ग्रप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पैंशनरों की मांगों संबंधी उचित कार्रवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं